राष्ट्रपति ने कहा कि संसद के पिछले सत्र में पारित कृषि संबंधी तीनों कानूनों का उद्देश्य देश के किसानों को और अधिकार तथा शक्तियां हासिल करने में मदद करना है

श्री कोविंद ने कहा कि किसानों को मिल रहे इन फायदों को देखते हुए अनेक राजनीतिक दलों ने कृषि सुधारों को अपना पूरा समर्थन दिया है उन्होंने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय ने इन कृषि कानूनों के अमल पर फिलहाल रोक लगा रखी है और सरकार इस संबंध में अदालत के किसी भी फैसले का सम्मान करेगी राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार ने देश के किसानों की दशा स्धारने के लिए कई कदम उठाए हैं उनके कल्याण के लिए कृषि के बारे में एम एस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को लागू किया गया है

संसद में बजट सत्र की श्रूआत से पहले उन्होंने कहा कि यह दशक भारत के उज्ज्वल भविष्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है श्री मोदी ने कहा कि आज राष्ट्र के सामने स्वाधीनता सेनानियों के स्वप्नों को साकार करने का स्वर्णिम अवसर आया है

इसलिए मौजूदा बजट सत्र को इन्ही मिनी बजटों में से एक माना जाना चाहिए

इस कार्यशाला का उद्घाटन कल म्ख्यमंत्री पेमा खांड् ने किया और विधान सभा अध्यक्ष पी डी सोना एवं पंचायती राज मंत्री बामांग फैलिक्स ने भी हिस्सा लिया उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हए म्ख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि तिहत्तरवें संशोधन अधीनियम के अन्च्छेद दो सौ तैंतालीस जी के अन्सार राज्य के पंचायती राज संस्था आने वाले दिनों में और अधिक अधिकार शक्ति और जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे श्री खांड् ने कहा कि मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया जायेगा जो बड़े पैमाने पर अन्य राज्यों में पी आर ओ की सफलता की कहानी का अध्ययन करेगा और कार्यों एवं शक्तियों के विचलन पर राज्य सरकार से सिफारिस करेगी

इस अवसर पर स्थानीय विधायक चाउ जिंगन् नामच्म ने अस्पताल में ट्यूबरक्लोसिस इकाई का उद्घाटन किया अपने संबोधन में उप म्ख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोविड महामारी के दौरान पिछले नौ महीने में करीब चार सौ करोड़ की लागत से स्वास्थ्य क्षेत्र में ब्नियादी स्विधाओं का विकास किया गया श्री मैन ने बताया कि करीब चौबीस करोड़ की लागत से नामसाई जिला अस्पताल को अपग्रेड किया गया है उन्होंने कहा कि इससे आस पास के जिले के लोगों को भी विभिन्न बीमारियो के इलाज के लिए अन्य राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा वर्ष दो हजार पच्चीस तक ट्यूबरक्लोसिस बीमारी के उन्मूलन के केंद्र सरकार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूर्वी अरुणाचल के आठ जिलों दिबांग वैली लोअर दिबांग वैली अंजाव लोहित नामसाई चांगलांग तिरप और लोंगडिंग जिले के लोगों की स्विधा के लिए नामसाई जिला अस्प्ताल में ट्यूबरकुलोसिस यूनिट स्थापित की गई है

सीबीएसई सहोदय स्कूल कॉम्पलेक्स के अध्यक्षों और सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत में श्री पोखरियाल ने कहा कि डेटा एनालिटिक्स और स्कूलों की स्व घोषणा के आधार पर कम्यूटरीक़त संबद्धता प्रणाली कायम की जाएगी